भारत वाहिनी पार्टी के घनश्याम तिवाडी जयपुर महापौर विष्णु लाहटा और जिला प्रमुख मूल चन्द मीणा कांग्रेस में शामिल

श्री गांधी ने प्रदेष के एक दिवसीय दौरे में कल सूरतगढ बूंदी और जयपुर में जनसभाओं को संबोधित किया

नोटबंदी और जीएसटी की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि इन फैसलों से छोटे उद्योगों को नुकसान हुआ है सूरतगढ की सभा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य की पिछली सरकार भाजपा ने जो वादे किए थे वो प्रे नहीं किये

रैली को संबोधित करते हुए लोक सभा प्रत्याषी कर्नल राज्यवर्धन राठौड ने कहा कि उन्होंने जयपुर ग्रामीण क्षेत्र के विकास में कोई कसर नहीं छोडी

वहीं दौसा जिले के सिकंदरा में आयोजित विजय संकल्प सभा में केन्द्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कार्यकर्ताओं से केन्द्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने पर जोर दिया ब्रंदी के तालेडा और हिंडोली कस्बे मे भी विजय संकल्प सभा आयोजित हुई सभा को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी ने संबोधित किया

जयपुर में आयोजित हुए कांग्रेस के कार्यकर्ता सम्मेलन में राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के समक्ष उन्होंने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की इस सम्मेलन में जनार्दन सिंह गहलोत और सुरेन्द्र गोयल भी पार्टी में शामिल हुए

स्वीप कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए एक एक रथ तैयार किए गए है जो जिले के विभिन्न ग्राम पंचायतों में जाकर प्रचार प्रसार करेंगे सवाईमाधोपुर में फील्ड आउटरीच ब्यूरो की ओर से सूरवाल और शेरपुर खिलचीपुर तथा एक निजी नर्सिंग कॉलेज में मतदाताओं को मतदान अवश्य करने का संकल्प दिलवाया गया

जिले में शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने के लिये प्रशासन की ओर से राजस्थान और मध्यप्रदेश की सीमा पर अस्थायी चेक पोस्ट बनाई गई है

हमारे संवाददाता ने बताया कि पांच करोड़ रूपये की लागत से इसे नया रूप दिया गया है और अब दर्शक भी यहां पहुंचना शुरू हो गये है

उन्होंने बताया कि समारोह के तहत फोटो प्रदर्शनी शास्त्रीय गायन कत्थक तथा लोक नृत्य और लोक गीतों के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे